इसके बाद उन्होंने आमसभा को सम्बोधित किया उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों से कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में और कार्य किए जाए इसके बाद श्रीमती राजे हल्दीघाटी के लिए रवाना हो गई मुख्यमंत्री आज उदयप्र जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेंगी वे गोगुन्दा में आमसभा को सम्बोधित करेगी दोपहर में झाडोल मुख्यालय पर भी उनकी सभा होगी इसके बाद खेरवाड़ा मुख्यालय में जनसभा का कार्यक्रम है शाम को मुख्यमंत्री ड्रंगरपुर पहंचेगी

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने नरेन्द्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की तारीफ की है डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस कार्यक्रम ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढावा देने और इससे होने वाले रोगों की रोकथाम में शुरू से ही उल्लेखनीय भूमिका निभाई है डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य पर गंदगी के दृष्प्रभाव को लेकर पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के लिए तैयार की गयी अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्रदेशभर में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की रही है

ब्रॉडबैण्ड की सुविधा जारी है वस्त और सेवाकर परिषद ने रुपे डेबिट कार्ड भीम आधार यूपीआई और यूएसएसडी के माध्यम से भूगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कैश बैक ऑफर का यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है

एक बार इसे लागू करने के बाद उपभोक्ता कैशबैक के रूप में कुल जीएसटी राशि का बीस प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा बशर्ते उसकी अधिकतम सीमा सौ रुपये हो सात उच्च न्यायालयों में नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश काल्पेश सत्येन्द्र झावेरी की पर्दोन्नति कर उन्हें ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है

जिला और सत्र न्यायालय ने शक्रवार को सलमान की ओर से विदेश में शूटिंग के लिए जाने की स्थायी अनुमति के आवेदन को खारिज कर दिया था इसके बाद सलमान की ओर से कल फिल्म शूटिंग का शिड्यूल पेश कर विदेश जाने की अनुमति मांगी गई जिसे स्वीकार कर लिया गया इधर जिला और सत्र अदालत में सलमान को पांच साल की सजा के खिलाफ अपील पर बहस कल दूसरे दिन भी अधूरी रही

राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सौ छात्रों का अमेरिका में आयोजित एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए चयन किया है

कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान राज्य में युवा उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है अलवर में अदालत ने रिश्वत के मामले में पटवारी सहित दो लोगों को चार साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई हैं दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक मामले में दस हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था भरतपुर में कल गिरिराज गोवर्धन तीर्थ विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई इसमें परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों पर चर्चा की गई और एनजीटी के नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही परिक्रमा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा गया